्र राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकेंडरी परीक्षाएं आज से शुरू हई

आज जन औषधि दिवस पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये प्रधानमंत्री ने जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से चर्चा करते हुए कहा कि कोई इलाज से वंचित न रहे इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाए उपलब्ध करा रही है

इसके अलावा हार्ट स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण से जुडे उपकरणों के दाम कम किए गये है

इस योजना के एक लाभार्थी बीकानेर के करणी सिंह राठौड़ ने श्री मोदी को बताया कि अब उन्हें इलाज पर कम पैसा खर्च करना पड़ता है

इनसे विशेष रूप से दृष्टि बाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में आज एक समारोह में जारी किये गये जहां दृष्टिबाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे

वे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास करेंगे ये एक्सप्रेस वे राज्य के कुछ जिलों से होकर गुजरेगा समारोह में केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड और सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहेंगे

महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली खोज समिति ने विचार विमर्श पूरा कर लिया है अब मामला चयन समिति के पास है

इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी मौजूद थे श्री गहलोत ने खाजूवाला में बीएसएफ जवानों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जवानों के साथ है मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलवामा की घटना के बाद कांग्रेस सहित सभी पार्टियां एक हुई जिससे सेना को हौंसला बढ़ा है उन्होंने कहा कि देश के जवानों का जज्बा प्रशंसनीय है

श्री डोटासरा ने कहा कि शहीदों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने बताया कि राज्य के चूरू नागौर और झूंझनूं जिलों के तीन तीन सरकारी स्कूलों अलवर और सीकर के दो दो तथा जैसलमेर और जोधपुर के एक एक सरकारी स्कूल का नामकरण शहीदों के नाम से किया गया है

इस फैसले से पिछडे वर्ग तथा दलित और आदिंवासी शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा

श्री सैनी ने आज नागौर के ताउसर में कहा कि राज्य सरकार अब तक केवल तबादले करने में ही लगी है और राज्य की जनता परेशान हो रही है

हमारे झालावाड संवाददाता ने बताया कि किसानों ने ई मित्र केन्द्रों पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया

इसी महीने जिले के किसानों से गेंहू खरीद भी शुरू की जाएगी जिसका पंजीयन भी आज से शुरू हो गया है

अगर आज चांद दिखाई दिया तो इसके साथ ही उर्स की रस्में शुरु हो जायेंगी अगर चांद दिखाई नहीं दिया तो जन्नती दरवाजा रात को वापस बंद कर दिया जायेगा और कल सुबह खोला जायेगा

इस बच्चे का कोटा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है

पाली जिले के तखतगढ़ क्षेत्र के हिंगोला गांव में आज दो बाड़ों में अचानक आग लग गई

सुचना मिलने पर तखतगढ और सुमेरपुर से मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया

इसके लिये चिकित्सा विभाग ने विभिन्न टीमों का गठन किया है द्र्गम क्षेत्रों में पोलियोरोधी खुराक पिलाने के लिये विशेष बंदोबस्त किये गये है